उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित किया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के तरीकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अनुरोध भी किया कि ये जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों स्वयसेवी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें जो जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं

फिल्म जगत हो खेल जगत हो मीडिया के हमारे साथी हो सामाजिक संगठनों से जुड़े हए लोग हों सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हए लोग हों कथा कीर्तन करने वाले लोग हों हर कोई अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करें प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए हैश टैग जन शक्ति फॉर जल शक्ति का उपयोग करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों के साथ चर्चा करने को कहा है मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए पानी का संचय करने के लिए वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गाँव वालों के साथ बैठकर के विचार विमर्श करें

भारतीय संस्कृति में जल के असीम महत्व का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने ऋग्वेद के आपरू सुक्त का भी उल्लेख किया हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि योग ने व्यापक रूप ले लिया है और विश्वमर में योग दिवस को सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर बताया कि जापान इटली और कई अन्य देशों में योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोकतंत्र के महत्व पर बल देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए संविधान आवश्यक है उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि कानून और व्यवस्था के अलावा लोकतंत्र हमारी संस्कृति में रचा बसा है और यह हमारी विरासत का अंग है उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों के दिल में आक्रोश था और खोये हए लोकतंत्र की तड़प थी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में इकसठ करोड़ लोगों ने मताधिकार का उपयोग किया यह संख्या अमरीका की पूरी आबादी यहां तक कि यूरोप की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है प्रधानमंत्री ने च्नाव प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक संसाधनों और श्रम शक्ति का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम फिर श्रू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार जैसे वातावरण में यह सीधा सादा कार्यक्रम जीवन और समाज में बदलाव का जरिया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं लोगों से सीधे बात कर रहे हैं आज पुणे में लोगों के साथ मन की बात सुनने के बाद आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जल संरक्षण को भी स्वच्छ भारत अभियान की तरह जन आंदोलन बनाने की अपील पर अन्कूल जवाब देंगे खेलमंत्री किरण रिजिजू ने एथलीटों के आहार बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की है यह बजट में समानता लाने के लिये किया गया है इससे भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बारह हजार पांच सौ एथलीट को फायदा होगा इसके लिये खेल मंत्रालय प्रति वर्ष एक सौ पचास करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करेगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुशीनगर जिले में एक सौ चौवालिस जोड़ो का विवाह सम्पन्न हुआ जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह समारोह में एक सौ अट्ठारह हिन्दू जोड़ो का वैदिक रीति रिवाज से विवाह सम्पन्न कराया गया वहीं छब्बीस मुस्लिम जोड़ो का निकाह पढ़वाया गया इस अवसर पर कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने नव दम्पत्तियों को शुभकामनाए और आशीर्वाद दिया